कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मौजूदा कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए आज उच्चस्तरीय बैठक करेंगे इसे लेकर उन्होंने पश्चिम बंगाल का आज का दौरा रद्द कर दिया है आज सुबह प्रधानमंत्री एक आंतरिक बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे वे अधिक संक्रमण वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत करेंगे दिन में प्रधानमंत्री देश के प्रमुख ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध और सुचारू रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है श्री मोदी ने देशभर में रोगियों के इलाज में काम आने वाली आक्सीजन की उपलब्यता की कल उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की इस दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी विचार विमर्श किया गया उन्होंने सप्लाई में किसी तरह की बाधा उत्पन्न होने पर स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया मंत्रालयों को निर्देश दिये गए कि वे ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के विभिन्न तौर तरीकों को पता लगाएं प्रधानमंत्री ने राज्यों को तेजी से ऑक्सीजन का परिवहन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया राज्यों से गैस के जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा गया उन्होंने राज्यों की ऑक्सीजन की मांग का पता लगाने और उसके अनुसार पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया

लोग कोविन पोर्टेल कोविन डॉट जीओवी डॉट आईएन पर पंजीकरण करा सकते हैं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस विकट संक्रमण में लोगों की मदद के लिए सरकार दिन रात काम कर ही है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी से सहयोग से कोरोना को मात दें सकेंगे मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के निदेशक सुपरिटेंडेंट और प्रमुख निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विचार विमर्श किया मुख्यमंत्री ने अस्पतालों से मरीजों के इलाज के सिलसिले में की गई व्यवस्थाओं और सुविधाओं की जानकारी के साथ सुझाव भी लिए उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में बेहतर प्रबंधन के जरिए संक्रमितों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करें सिमडेगा जिले में कोरोना टीकाकरण का काम लगातार जारी है कल एक सौ दो लोगों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज दिया गया

धनबाद जिले में होम आइसोलेशन की स्वीकृति करा कर बिहार जाने वाले एक संक्रमित मरीज पर एफआइआर दर्ज दी गई है होम आइसोलेशन के नियम एवं शर्तो का उल्लंघन करने पर उपायुक्त उमा शंकर सिंह के निर्देश पर धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है उपायुक्त ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की टेक्निकल सेल द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद यह सुनिश्चित करता है कि संक्रमित मरीज गाइडलाइंस का पालन करें नियमित दवाइयां ले परिवार के अन्य सदस्यों से दूरी बनाकर रखें और दूसरे लोगों को संक्रमित न करें

धनबाद में लगातार बढते संक्रमण को देखते हए उपायक्त उमा शंकर सिंह ने ड्यूटी अवधि बढायी है इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ गोपाल दास ने उपायुक्त के निर्देश पर आदेश जारी किया है

कोविड मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य भर में एक हजार आठ सौ चौबीस नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड क्रियाशील हुए हैं

अब इनकी संख्या बढ़कर पांच हजार नौ सौ सैंतालीस हो गई है रांची में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या चार सौ छियासी से बढ़ाकर एक हजार तीन सौ बासठ कर दी गई है उन सभी जिलों में ज्यादा संख्या में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था की गई है जहां से ज्यादा मरीज आ रहे हैं

केन्द्र ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे विभिन्न राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई रोक न लगायें परिवहन अधिकारियों को यह निर्देश देने को भी कहा गया है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की एक राज्य से दूसरे राज्य में मुक्त रूप से आवाजाही की अनुमति दें केन्द्रीय गृहसचिव और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अजय कुमार भल्ला ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को इस बारे में पत्र लिखा है वे यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है कि कोई अधिकारी किसी खास जिले या क्षेत्र के लिए ऑक्सीजन ले जा रहे किसी वाहन को अपने अधिकार क्षेत्र से गुजरते समय जब्त न करे राज्य में पिछले चौबीस घंटों में सात हजार पांच सौ पनचानबे नए कोरोना संक्रमित मिले हैं वहीं दो हजार तीन सौ तिहत्तर मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं जबकि एक सौ छह मरीजों की मौत हो गई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल संक्रमितों की संख्या एक लाख चौरासी हजार नौ सौ एक्यावन हो गई है जिनमें चालीस हजार नौ सौ बयालीस सक्रिय मामले हैं अबतक प्रदेश में एक लाख बयालीस हजार दो सौ चौरानबे मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि कुल एक हजार सात सौ पंद्रह मरीजों की मौत हुई है राज्य की रिकवरी रेट छिहत्तर दशमलव नौ तीन प्रतिशत है जामताड़ा जिले में चौबीस घंटे के अंतराल में एक सौ संतावन नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है

यातायात पुलिस और झरिया पुलिस के इस संयुक्त अभियान में करीब डेढ सौ से ज्यादा वाहनों की जांच की गई

ये सभी रांची के विभिन्न थानों में पदस्थापित थे सभी को तत्काल प्रभाव से अपने नए स्थानों पर योगदान देने का भी निर्देश दिया गया है एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है

इस दौरान बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य उपकरणों की पूर्ति के संबंध में भी चर्चा की गई